मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला में विटामिन ए और डी युक्त फोर्टिफाईड द्ध हिमगौरी के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही उन्होंने कहा कि पोषक तत्व युक्त फोर्टिफाईड द्ध का इस्तेमाल विश्वभर में किया जाता है और सामान्य दूध की तुलना में इसके अनेक लाभ है यह गाय का ऐसा दूध है जिसमें अतिरिक्त विटामिन और खनिज होते है मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल्कफैड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से प्रतिदिन एक लाख चालीस हजार लीटर दूध इक्कठा कर रहा है ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और पश्पालन विभाग व डेयरी विकास किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रतिस्पर्धा के दौर में गुणात्मक शिक्षा पर बल दिया है हमीरपुर स्थित तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के लिए विश्व स्तरीय शैक्षणिक प्रबंधन कार्य प्रणाली अपनाना ज़रूरी है राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा व तकनीकी ज्ञान को देश व समाज के हित में प्रयोग करने की सलाह दी उन्होंने निःशुल्क ऑनलाईन पाठ्यक्रमों व सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त फोरम और शिक्षण के तालमेल की ज़रूरत बताई राज्यपाल ने विद्यार्थियों से नवाचार पर काम करने और उद्यमिता की ओर बढ़ने का आहवान किया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मौजूदा समय में तकनीकी के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि रोजगार के नए अवसर सुजित हो सकें

मुलाकात ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से आज नई दिल्ली में मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच हिमाचल के विकास को लेकर लंबी चर्चा हुई इससे पहले वीरेन्द्र कंवर ने केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकर से भी मुलाकांत कर प्रदेश के विकास के लिए कोन्द्र से उदार वित्तीय सहायता की मांग की अनुराग ठाकुर ने वीरेन्द्र कंवर को केन्द्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया सरवीन चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कई नई योजनाएं आरंभ की गई है

सरवीण चौधरी ने इस दौरान मेघावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया

घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जाती है

सभी मृतक नीरथ गांव के रहने वाले थे घायलों का भावा नगर अस्पताल में उपचार चल रहा है

मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज दूसरे दिन भी रूक रूक कर हिमपात जबकि निचले इलाकों में वर्षा का कम जारी रहा

हालांकि बाद दोपहर मौसम में कुछ सुधार हुआ और बादलों के बीच हल्की धूप खिली रही जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में भारी हिमपात के चलते अदरूनी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है और खराब मौसम के कारण स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं किन्नौर जिले में भारी हिमपात को देखते हुए आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे